कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से चार दिन का टीका उत्सव आज से देशभर में शुरू हो गया है इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाना है आज समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती पर शुरू हुआ टीका उत्सव भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती चौदह अप्रैल को सम्पन्न होगा बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव का आहवान किया था

एक पूरा वातावरण क्रियेट कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में चार दिन के विशेष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते हुए सभी देशवासियों से चार सिद्धांतों का पालन करने की अपील की है हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी ने व्यक्तिगत और सामाजिक साफ सफाई रखने की जरूरत पर जोर देते हुए इन चार सिद्धांतों पर बल दिया

और चौथी अहम बात यह कि किसी को कोरोना होने की स्थिति में माइक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाने का नेतृत्व समाज के लोग करें जहां पर एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस आया है वहां परिवार समाज के लोग माइक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाएं

प्रधानमंत्री ने कहा कि टीका उत्सव कोरोना महामारी के खिलाफ दूसरे बडे युद्ध की शुरूआत है उन्होंने आग्रह किया कि कोविड टीको की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जिनकी पात्रता है वे टीका अवश्य लगवाएं प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए जरूरी है कि हम खास जरूरत के बिना घर से बाहर नहीं जाएं प्रधानमंत्री ने परिवार में सभी को टीका लगवाने की जिम्मेदारी घर की महिलाओं से संभालने की अपील की है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चार दिन के टीका उत्सव में व्यक्तिगत सामाजिक और प्रशासनिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर जन भागीदारी से कोरोना के खिलाफ संघर्ष में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकेगी प्रदेश में टीका उत्सव के पहले दिन पैतालीस वर्ष से अधिक आयु के लोग बड़ी संख्या में कोविड वैक्सीन लगवाने टीकाकरण केन्द्र पर पहुंचे राज्य सरकार ने चार दिवसीय टीका उत्सव के दौरान प्रत्येक दिन चार लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सभी पात्र व्यक्ति टीका लगवायें विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बड़ी संख्या में पैतालीस वर्ष से ऊपर के लोगों ने टीकाकरण केन्द्रों पर कोरोना से बचाव का टीका लिया केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में कोविड वैक्सीन की द्रसरी डोज लेकर जिले में टीका उत्सव की शुरूआत की श्री सिंह ने चार दिवसीय टीका उत्सव के दौरान पात्र लोगों से टीका लेने और सतर्क रहने की अपील की इस बीच प्रदेश में कल रिकॉर्ड दो लाख बावन हजार आठ सौ पैंतीस लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये गयें अब तक प्रदेश में छियालीस लाख तिरासी हजार एक सौ तैंतालीस लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है इनमें से इकतालीस लाख आठ हजार दो सौ छियालीस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि पांच लाख चौहत्तर हजार आठ सौ संतानवे लोगों को दूसरी डोज दी गयी है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पचासी दिन के रिकार्ड समय में करीब दस करोड सोलह लाख टीके लगाए जा चुके हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान पैंतीस लाख से अधिक टीके लगाये गये हैं

दस राज्यों महाराष्ट्र कर्नाटक छत्तीसगढ़ दिल्ली तमिलनाडु उत्तर प्रदेश पंजाब मध्यप्रदेश गुजरात और केरल में हर दिन संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है अस्सी प्रतिशत नये संक्रमण इन दस राज्यों में ही हुए हैं समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी से बातचीत में सभी पात्र लोगों को कोविड टीका लेने की अपील की है उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए प्राथमिकता के आधार पर टीका लेना जरूरी है

अगर डरने की जरूरत है आप इस बीमारी से डरिए वैक्सीन से नहीं वैक्सीन सेफ और काफी इफेक्टिव है समझने की जरूरत है कि वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है अगर बाइचांस आपको वैक्सीन लेने के बाद इनेफेक्शन हो भी गया तो किसी भी सीवियर बीमारी में कन्वर्ट होने से आपके जो बीमारियां इतने डेवलप न हो कि आपको वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत पड़े इन सब चीजों से बचाने में आपकी मदद करता है केंद्र ने देश में कोविड महामारी की स्थिति में सुधार होने तक रेमडेसिविर इन्जेक्शन और इसे बनाने में काम आने वाले औषधीय घटकों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि रेमडेसिविर के सभी घरेलू निर्माताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी वेबसाइट पर इस दवा के स्टॉकिस्टों और वितरकों का ब्योरा दें ताकि इसे आसानी से प्राप्त किया जा सके प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन हजार सात सौ छप्पन नये मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पटना जिले में सबसे अधिक एक हजार तीन सौ बयासी मामलों की पुष्टि हुई है भागलपुर में तीन सौ दो गया में दो सौ नब्बे मुजफ्फरपुर में एक सौ इक्यानवे और जहानाबाद में एक सौ पैंसठ मामले दर्ज किये गये हैं वहीं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है वर्तमान में प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या चौदह हजार छह सौ पंचानवे हो गई है केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय से प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे उपायो पर व्यापक चर्चा की श्री प्रसाद ने कोन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से एम्स पटना को अविलंब कोरोना के लिए समर्पित अस्पताल के रूप में घोषित करने का आग्रह किया उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय से पीएमसीएच और एनएमसीएच में कोविड मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और ऑक्सीजन तथा दवा की उचित व्यवस्था करने को भी कहा केंद्रीय मंत्री ने राजधानी पटना सहित प्रदेश के लोगों से कोरोना के दोबारा दुष्प्रभाव को देखते हुए पूरी सावधानी बरतने की अपील की है श्री प्रसाद ने कहा कि कोरोना दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लापरवाही से दोबारा संक्रमण गंभीर होता जा रहा है इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर सावधानी बरतें और कोरोना के गाइडलाइन और नियम का सख्ती से पालन करें किशनगंज के शहीद नगर थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार का आज प्ररे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया आज ही शहीद पुलिसकर्मी की मां का भी अंतिम संस्कार किया गया बेटे के शहीद होने की खबर सुनकर सदमे से हार्ट अटैक के कारण मां की भी मृत्यू हो गयी अंतिम संस्कार के समय पूर्णिया प्रक्षेत्र के आरक्षी महानिरीक्षक सुरेश प्रसाद जिला पदाधिकारी राहुल कुमार और पुलिस अधीक्षक दयाशंकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे इसके पूर्व पूर्णिया प्रक्षेत्र के आरक्षी महानिरीक्षक ने थाना अध्यक्ष की हत्या के मामले में लापरवाही बरतने वाले सर्किल इंस्पेक्टर मनीष कुमार सहित सात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया पश्चिम बंगाल के पनतापाड़ा में मोटरसाइकिल लूट मामले में छापेमारी करने गये किशनगंज थानाध्यक्ष की आरोपी के रिश्तेदारों समेत अन्य ग्रामीणों ने पीट पीटकर हत्या कर दी थी थानाध्यक्ष पर हमले के दौरान छापेमारी करने गयी टीम के ये सभी सदस्य मौके से जान बचाकर भाग गये थे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि डिजिटल एजुकेशन लर्निंग लैब के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ घर घर तक पहुंचेगा श्री प्रसाद ने यह बातें आज पटना में वर्चुअल कार्यक्रम के जरिये कटिहार के जवाहर नवोदय विद्यालय में लर्निंग लैब के उद्घाटन के अवसर पर कहीं उन्होंने कहा कि इस विशेष प्रकार के एप्प के माध्यम से जहां शिक्षक अपने आपको अद्यतन रख सकेंगे वहीं कोरोना महामारी के दौरान बच्चे और युवा घर बैठे अपना सिलेवस पूरा कर सकेंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महात्वाकांक्षी मुद्रा योजना ने सफलता का एक नया इतिहास रच दिया है श्री जायसवाल ने आज कहा कि अभी तक इस योजना के तहत उनतीस करोड़ लोगों के बीच लगभग पंद्रह लाख करोड़ की धन राशि वितरित की जा चुकी है उन्होंने कहा कि इस योजना के लाभार्थियों में अडसठ प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं राज्यपाल फागू चौहान ने महान भारतीय समाज सुधारक चिंतक और लेखक महात्मा ज्योतिबा फूले के जयंती के अवसर पर आज राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में उनके चित्र पर माल्यापर्ण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर एक अणे मार्ग स्थित लोक संवाद में उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की

इस दिवस का आयोजन पार्किंसन के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से किया जाता है पार्किंसन रोग के कारण चलने फिरने की गति धीमी पड़ जाती है मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और शरीर में कंपन की समस्या पैदा हो जाती है दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के तंत्रिका तंत्र विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजिन्दर धमीजा ने आकाशवाणी को बताया कि संतुलित आहार और व्यायाम के अभ्यास से पार्किंसन से बचा जा सकता है

पार्किंसन डिजीज मतिष्क की एक बीमारी है जिसमें डोपामेंट की डिफिसियन्सी यानी की कमी रहती है इसकी वजह से शरीर में कंपन शरीर में धीमापन या अकड़न हो सकती है अब इस बीमारी का इलाज अच्छे से संमव है और अगर आपके वर्क प्लेस पे आपके घर में आपके पड़ोस में इस तरह के लक्षण का कोई मरीज है तो उसको निरोलोजीस या इकमुवमेंट डिस्ऑडर स्पेशलिस्ट के पास लेकर जायें और उसका उपचार कराएं इस बीमारी से बचने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और एक बैलेंस डाइट लें प्रदेश में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को पार्किंसन से बचाव की जानकारी दी गई राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में पछ्आ हवा का प्रभाव बढ़ने से तापमान में वृद्धि दर्ज की गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान चालीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया

अररिया जिले के जमुआ पंचायत में गेहू की कटाई के दौरान थ्रेशर की चिंगारी से आधा दर्जन से अधिक झोपड़ियों में आग लग गयी जिससे लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गयी